झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी विधायकों के शोर षराबे के कारण पांचवें कार्यदिवस की कार्यवाही भी बाधित रही

इस दौरान राज्य के वित्तमंत्री रामेष्वर उरांव ने पिछली सरकार में बंद हुए सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने की भी घोषणा की

इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गयी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस आपदा जैसी है इससे कैसे निजात पाया जाए सरकार इस विषय को लेकर चिंतित है यह अधिक से अधिक न फैले इसपर सरकार कार्य कर रही है श्री सोरेन ने इससे बचने के लिए अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल के आयोजनों को भी स्थगित करने की सूचना आ रही है जो इंगित करता है कि सतर्कता भी बचाव माध्यम हो सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से ग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय यात्रियों और छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत ईरान के सम्पर्क में है कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में आज राज्यसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईरान में फंसे भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति ईरानी अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है

लेकिन अब इन तीनों का इलाज हो चुका है और उन्हें छट्टी दे दी गई है

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में आकाषवाणी दूरदर्षन और पीआईबी की ओर से महिला सषक्तीकरण कौषल और उद्यमिता तथा खेलों में महिलाओं की भागीदारी विषय पर राउंड टेबल परिचर्चा का आयोजन किया गया इस मौके पर वक्ता के रूप में संत जेवियर कॉलेज की लेफ्टिनेंट प्रोफेसर प्रिया श्रीवास्तव आईआईएम रांची की बोर्ड सदस्य प्रोफेसर रेखा सिंघल और मेकॉन में टेक्निकल सर्विस की जनरल मैनेजर मणि मेकाला दासगुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किये

कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं से बातचीत करने के बाद रांची में पत्रकारों को बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति विषेष को राज्यसभा भेजे जाने का कोई वायदा नहीं किया गया था इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दो में से एक सीट के लिए षिबू सोरेन का नाम तय हो गया है समय आने पर दूसरी सीट के लिए भी विपक्ष की रणनीति देखने के बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी

पहले चरण की जनगणना एक मई से शुरू होगी

एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्षाता हुआ सात दिवसीय षिविर आज समाप्त हुआ

सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता षिविर में झारखंड की टीम प्रथम रही वहीं बिहार की टीम को दूसरा पुरस्कार मिला

पलामू जिला स्तरीय समीक्षा परामर्शदात्री समिति की त्रिमासिक बैठक आज जिले के उपायुक्त डॉ शान्तनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में हुई